प्रदेश में कोविड उन्नीस टीकाकरण की सभी तैयारियां पूरी

और प्रदेश में भीषण ठंड का प्रकोप

बुलेटिन की शुरूआत से पहले ये संकल्प कोविड उन्नीस महामारी के खिलाफ देश एकज़्ट होकर लड़ रहा है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

टीकाकरण का यह अभियान पूरे देश में चलाया जायेगा टीकाकरण अभियान की शुरूआत में सभी राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों के तीन हजार छह सौ केन्द्र वीडियो कांफ्रेस के जरिये आपस में जुडेंगे शुरूआत में सभी टीकाकरण केन्द्रों पर करीब एक सौ लाभार्थियों को टीका दिया जायेगा टीकाकरण का यह कार्यक्रम जरूरतमंद लोगों को प्राथमिकता देने के आधार पर चलाया जायेगा प्रथम चरण में स्वास्थ्यकर्मियों सरकारी और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों और समेकित बाल विकास सेवा आईसीडीएस से संबंधित कर्मियों को टीके लगेंगे पहले दिन हर टीकाकरण केंद्र पर लगभग सौ लाभार्थियों को टीका लगाया जाएगा

इस टीकाकरण कार्यक्रम में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा विकसित किए गए ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म को विन का इस्तेमाल किया जाएगा को विन के माध्यम से टीके के स्टॉक रखे जाने स्थान का तापमान और टीके के लाभार्थियों की पूरी जानकारी हरसमय उपलब्ध रहेगी

जन भागीदारी के सिद्धांतों पर आधारित इस विशाल कार्यक्रम को संपन्न करने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा बिहार में कल से शुरू होने वाले कोविड उन्नीस टीकाकरण की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं राज्य के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने बताया कि राज्य सरकार ने राज्यभर में सुचारू टीकाकरण के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं श्री पांडेय ने कहा कि राज्य के सभी अड़तीस जिलों में टीके की शीशियां पहुंच गई हैं राज्य के विभिन्न भागों में पचास केंद्रों पर टीकाकरण प्रक्रिया की वेबकास्टिंग की जाएगी उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन को टीकाकरण के दौरान अधिक से अधिक सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए हैं श्री पांडेय ने कहा कि अठाईस दिन के अंतराल पर लोगों को उसी टीके की द्रसरी खुराक दी जाएंगी स्वास्थय मंत्री मंगल पांडेय ने कहा कि राज्य में कोविड का पहला टीका कल इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान के सफाई कर्मी रामबाबू को दिया जायेगा गौरतलब है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल आईजीएमएस से राज्य में टीके की शुरूआत करेंगे विभिन्न जिला मुख्यालायों से हमारे संवाददाताओं ने खबर दी है कि कई टीकाकरण केन्द्रों पर आज तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया समस्तीपुर से हमारे संवाददाता ने बताया कि सदर अस्पताल सहित ग्यारह केन्द्रों पर टीका दिया जायेगा पहले चरण में जिले में उन्नीस हजार लोगों को टीका दिया जायेगा मुजफ्फरपुर जिले में दस स्थानों पर कोविड टीकाकरण होगा हर टीकाकरण केन्द्र पर पांच पांच सदस्यीय टीम को तैनात किया गया है पहले चरण में बीस हजार से अधिक लाभार्थियों को टीका दिया जाना है इधर बक्सर के सिविल सर्जन डाक्टर जितेन्द्र कुमार ने बताया कि जिले में पहले चरण में साढ़े छह हजार लोगों को कोविड टीका दिया जायेगा

पश्चिम चंपारण जिले में जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को टीकाकरण से संबंधित सभी प्रोटोकोल का पालन करने को कहा है इधर सीतामढ़ी जिले में आठ स्थानों पर टीकाकरण किया जायेगा रोहतास के जिलाधिकारी धर्मेन्द्र कुमार ने कहा है कि जिले में सासाराम सदर अस्पताल के अलावा पांच प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र दो अनुमंडल अस्पताल और एक निजी अस्पताल में टीकाकरण होगा

सबसे अधिक एक सौ उनचास मामलों की प्रष्टि पटना जिले में हुई है वहीं दरभंगा से तैंतीस बेगूसराय से बीस और सारण जिले से चौदह नये मामलों की पुष्टि हुई है इधर राज्य में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या घटकर तीन हजार नौ सौ इक्यासी हो गयी है इधर कोविड महामारी से राज्य में स्वस्थ होने वालों की दर बढ़कर संतानवे दशमलव नौ प्रतिशत हो गयी है अब तक लगभग दो लाख तिरेपन हजार मरीज स्वस्थ हुए हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि सरकार अपराध नियंत्रण के लिए प्ररी तरह से मुस्तैद है और अपराधी कोई भी हो उसे बख्शा नहीं जाएगा श्री कुमार ने आज पटना के आर ब्लॉक से दीघा के बीच तीन सौ उन्यासी दशमलव संतावन करोड़ रुपये की लागत से बनी छह दशमलव सात किलोमीटर लंबी सड़क जिसका नामकरण पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर अटल पथ रखा गया है इसका उद्घाटन करने के बाद राज्य में अपराध की बढ़ती घटना के संबंध में पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि सरकार अपराध नियंत्रण के लिए पूरी तरह मुस्तैद है अपराध में संलिप्त चाहे जो भी हो उन्हें बख्शा नहीं जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी मुख्यमंत्री ने कहा कि पटना में इंडिगो एयरलाइंस के स्टेशन मैनेजर रूपेश कुमार सिंह की हत्या के मामले में पुलिस हर बिंदु पर जांच कर रही है और अपराधी जल्द ही पकड़े जाएंगे इस हत्याकांड में संलिप्त अपराधी का स्पीडी ट्रायल करा कर उसे सजा दिलाई जाएगी केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच आज नई दिल्ली में नौवें दौर की वार्ता हुई केन्द्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने वार्ता के बाद पत्रकारों से बातचीत में कहा कि आज की बैठक में कोई नतीजा नहीं निकल पाया उन्होंने कहा कि अगले दौर की बैठक उन्नीस जनवरी को होगी कृषि मंत्री ने बताया कि आज की वार्ता सद्भावपूर्ण माहौल में हुई उन्होंने इस मुद्दे पर जल्द ही आम सहमति बनने की आशा व्यक्त की उन्होंने बताया कि सरकार की ओर से किसान संगठनों को ठोस प्रस्ताव तैयार करने के लिए एक अनौपचारिक ग्रुप गठित करने का सुझाव दिया गया है ताकि इन प्रस्तावों पर अगले दौर की वार्ता में चर्चा की जा सके कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने आज पटना में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड द्वारा तैयार राज्य के फोकस पेपर दो हजार इक्कीस बाईस का लोकार्पण किया फोकस पेपर में कृषि लघू उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में ऋण संबंधी जरुरतों का आकलन किया गया है कृषि मंत्री श्री सिंह ने कहा कि नाबार्ड के इस दस्तावेज में सुझाये गये कदमों का व्यापक अध्ययन कर अमल किया जायेगा इस अवसर पर नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक सुनील कुमार ने कहा है कि बिहार में कृषि क्षेत्र के तेज विकास और किसानों की आय दोगुनी करने के लिए अपार संभावनाएं हैं श्री कुमार ने बताया कि अन्य सरकारी मदद के अलावा और कृषि ऋण के माध्यम से विकास को और तेजी दी जा सकती है उन्होंने बताया कि नाबार्ड द्वारा तैयार फोकस पेपर में राज्य के कृषि क्षेत्र में अठासी हजार करोड रुपये से अधिक ऋण क्षमता का अनुमान है उन्होंने कहा कि दुग्ध उत्पादन खाद्य प्रसंस्करण भंडारण और कृषि यांत्रिकीकरण के क्षेत्र में मदद देकर क्षमता वर्धन किया जा सकता है राजधानी पटना समेत पूरा प्रदेश कड़ाके की ठंड और कोहरे की चपेट में है बर्फीली पछुआ हवा की रफ्तार अठारह से बीस किलोमीटर प्रति घंटे बनी हुई है जिस कारण लोगों को कनकनी का अहसास हो रहा है मौसम वैज्ञानिक रविन्द्र कुमार ने बताया कि अगले अड़तालीस घंटों के दौरान ठंड में और बढ़ोतरी होगी साथ ही दक्षिण बिहार के कुछ हिस्सों में शीतलहर की स्थितियां बन सकती हैं

वहीं डेहरी का न्यूनतम तापमान छह डिग्री सेल्सियस जबकि फारबिसगंज का सात डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रहा भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के स्थापना दिवस के अवसर पर वाल्मिकीनगर में दो भूकंप रोधी केन्द्र में कई नये उपकरण लगाये गये हैं मौसम वैज्ञानिक आनंद शंकर ने बताया कि इन मशीनों के चालू हो जाने से मौसम का और सटीकता के साथ पूर्वानुमान जारी किया जा सकेगा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज कहा है कि राजगीर में हेलीकॉप्टर टूरिज्म जल्द ही शुरू की जायेगी इसके लिये पर्यटन विभाग योजना बना रही है यह आकर्षण के साथ पर्यटन के क्षेत्र में नया अध्याय होगा मुख्यमंत्री श्री कुमार ने राजगीर में ऐतिहासिक वेणुवन के विस्तारित भाग और घोड़ाकटोरा झील के पास नव निर्मित इको पार्क का उद्घाटन किया उन्होंने कहा कि आज से छब्बीस सौ साल पहले भगवान बुद्ध इसी वेणुवन में निवास करते थे यह बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए बहुत ही पवित्र स्थल है और इसका पुराना इतिहास फिर से जीवित करने का प्रयास किया गया है शराब तस्करी और अन्य मामलों में दोषी पाये जाने पर कटिहार के एक सब इंस्पेक्टर सहित तीन पुलिसकर्मियों को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है पूर्णिया रेंज के आईजी सुरेश चौधरी ने सब इंस्पेक्टर दिलीप कुमार ओझा एएसआई जाकिर हुसैन और संजीव कुमार पासवान को बर्खास्त कर दिया है

गया स्थित ऑफिसर प्रशिक्षण अकादमी में आयोजित समारोह में लेफ्टिनेंट जनरल जीएवी रेड्डी ने अकादमी परिसर में शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की सेना दिवस उन सैनिकों के सम्मान में मनाया जाता है जिन्होंने निःस्वार्थ देश की सेवा कर एक मिशाल पेश की है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस अवसर पर भारतीय सेना के बहादुर प्रुषों और महिलाओं को बधाई दी है नांलदा जिले के सिलाव प्रखंड के गोरमा पंचायत के जुनैदी गांव में एक साथ सौ से अधिक पक्षियों की मौत के बाद पशुपालन विभाग की टीम ने क्षेत्र में पहुंचकर जांच की है विभाग की पांच सदस्यीय टीम ने घटनास्थल से मृत पक्षियों के नमूने एकत्र किये हालांकि जिला पशुलपान पदाधिकारी ने कहा है कि मृत पक्षियों में बर्ड फ्लू के लक्ष्ण नहीं हैं

प्रदेश में कोविड उन्नीस टीकाकरण की सभी तैयारियां पूरी

और प्रदेश में भीषण ठंड का प्रकोप